प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष की शुरूआत की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्म निर्भर बनाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को ऋण वित्तीरय सुविधा भी मिलेगी उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रबंधन और अवसंरचना तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए यह कोष उत्प्रेनरक के रूप में काम करेगा प्रधानमंत्री ने किसानों से कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा उत्पान्न होगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्धड होंगे

श्री मोदी ने गुजरात मध्य प्रदेश और कर्नाटक के किसानों के साथ भी बातचीत की रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढावा देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढावा देने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद एक सौ एक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है ये पांच स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था आधारभूत ढांचा व्यवस्था जनसंख्या और मांग रक्षामंत्री ने अनेक ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक सौ एक वस्तुओं की सूची तैयार की हैं जिनके आयात पर एक निर्धारित समय सीमा के बाद रोक लगा दी जाएगी राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा एक हजार चौरासी नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसके साथ ही अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार छह सौ छब्बीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में रांची में सबसे अधिक चार सौ बारह नये मरीज मिले हैं वहीं अच्छी बात यह है कि कल पहली बार एक दिन में सबसे अधिक आठ सौ अटठासी मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं झारखंड में अब तक आठ हजार तीन सौ इकानवें मरीज स्वस्थ हो चके हैं इधर राजधानी रांची देश के उन तेरह जिलों में शामिल हो गया है जहां कोरोना संकमण से सबसे अधिक मृत्यु हुई है इन शहरों में मृत्यु दर चौदह प्रतिशत हो गयी है जबकि अभी राष्ट्रीय औसत मात्र दो दशमलव शून्य चार प्रतिशत है राज्य में अब तक एक सौ साठ मरीजों की मौत हो चुकी है चतरा जिले में कोरोना संक्रमितो का पता लगाने के लिए तेजी से संदिग्धों की जांच की जा रही है

रांची सिविल कोर्ट में छह कर्मचारियों के कोराना पॉजिटिव मिलने के बाद दो दिनों के लिए पांच कोर्ट को सील कर दिया गया है सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार मनीष क्मार सिंह ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है इन पांचों कोर्ट को सैनिटाइज किया जायेगा इन अदालतों से जुड़े सिर्फ रिमांड और अतिआवश्यक मामलों को छोड़कर अन्य सभी तरह के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य पूरी तरह से दो दिन बंद रहेंगे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

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के समन्वित श्रेणीबद्ध और सक्रिय कोविड प्रबंधन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोविड से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव शून्य चार प्रतिशत पर आ गई है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में कल दो उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई

इन जिलों में असम के कामरूप मैट्रो बिहार के पटना झारखण्ड के रांची केरल के अलपुझा और तिरूवनंतपुरम ओडिशा के गंजम उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना हगली हावडा कोलकाता और मालदा जिले शामिल हैं

स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह मोरहाबादी मैदान में ही आयोजित किया जायेगा कल रांची के उपायुक्त छविरजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र झा ने मुआयना करने के बाद कहा कि मोरहाबादी मैदान में अतिथियों के बैठने की इस तरह से व्यवस्था की जायेगी कि आपस में सामाजिक दूरी का पालन हो सके उपायुक्त ने बताया कि गृह कारा और आपदा प्रबंधन के विभाग के निर्देश के बाद ही अतिथियों की संख्या पर निर्णय लिया जायेगा उन्होंने बताया कि समारोह में बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने यह भी बताया कि समारोह के लिए किसी तरह का पास जारी नहीं किया जायेगा रांची जिला प्रशासन ने तिरंगा मास्क की बिकी पर रोक लगा दी है इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि तिरंगा मास्क बिकी करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में मास्क का उपयोग किया जाना भी शामिल है बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिकी हो रही है पिछले कुछ दिनों से तिरंगा मास्क भी धडल्ले से बेचा जा रहा है अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची अखिलेश सिन्हा ने कहा है कि तिरंगा मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा उन्होंने लोगों से अपील की है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए लोग ऐसे मास्क न खरीदें श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि अगर कहीं इस तरह के मास्क की बिकी हो रही है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को तुरंत दें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय साझीदार बन सकता है उन्होंने कहा कि आज विश्व को ऐसे भरोसेमंद साझीदार देशों की जरूरत है जहां कानून सम्मत शासन पारदर्शी व्यवस्था तथा सुदृढ़ न्यायिक और लोकतांत्रिक परंपराएं हों उन्होंने कहा कि भारत ये सभी अपेक्षाएं पूरी करता है

ट्ंडी के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में ट्ंडी भल पहारी में छापेमारी की गयी जहां एक घर में विदेशी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी पुलिस ने यहां से शराब बनाने का कच्चा सामान जब्त किया है जिसकी कीमत करीब तीस हजार रूपये बतायी जा रही है राज्य सरकार ने हड़ताल पर गये मनरेगाकर्मियों को चेतावनी दी है कि वे अगर अड़तालीस घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके स्थान पर दसरे लोगों की नियुक्ति की जायेगी ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त और उपविकास आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है दिये गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि वैसे हडताली मनरेगाकर्मी जिन्होंने हडताल पर जाने के बाद भी टैब लॉग इन आइडी और अभिलेख सरेंडर नहीं किये हैं उनके विरूद्व सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी दुमका जिले में रक्त की कमी को दूर करने के लिए जिले के युवाओं द्वारा नियमित रूप से रक्तदान कराया जा रहा है हमारे द्मका संवाददाता ने बताया कि जिले में थैलेसिमिया बीमारी से पीड़ित करीब साठ बच्चें हैं जिनकी नियमित डायलिसिस होती है वहीं जिले में हर महीने अलग अलग बीमारियों से पीड़ित मरीजों को करीब एक सौ पचास यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है मरीजों को रक्त की कमी न हो इसके लिए नियमित रूप से शिविर लगाकर रक्तदान कराया जा रहा है आज विश्व आदिवासी दिवस है इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए कहा है कि संपूर्ण आदिवासी समाज की संस्कृति स्वशासन परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए आज संकल्पबद्ध होने का दिन है राज्यपाल ने कहा है कि यह प्रयास है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदिवासी समुदाय के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागृति और सजगता आये वंचित परिवारों का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास हो सके

गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड स्थित जशपुर पंचायत के चरकपथला गांव में हाथियों के झुंड ने कल रात जमकर उत्पात मचाया और चार घरो को तोड़ दिया हाथियों ने फसलों को नुकसान पहंचाया हमारे गिरिंडीह संवाददाता ने बताया है कि शुक्रवार की रात हाथियों का झंड गांव में घूसा था गांव वालों की सूचना पर वन विभाग के कर्मी वहां पहचे और हाथियों को गांव से भगाया गया साहिबगंज जिले के बरहड़वा थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप कल रात घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और नाती की हत्या कर दी उसके बाद खुद विषपान कर आत्महत्या कर ली है आज सुबह पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेजा है बरहडवा के एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद को लेकर हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आया है